मुख्यमंत्री ने आगामी बजट के सिलसिले में स्कूल शिक्षा आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के साथ सहकारिता विभाग के प्रस्तावों की ली जानकारी प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल भाजपा की रायपूर जिला इकाई द्वारा निकाली जाएगी रैली आज भी राजधानी में बुद्धिजीवी वर्ग ने आमसभा कर इस कानून का किया समर्थन

सुरक्षा सलाहकार बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने माओवादी समस्या पर जल्द नियंत्रण पाने के लिए प्रभावित राज्यों के बीच रणनीति बनाकर कार्य करने की जरूरत बताई है उन्होंने राजनांदगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के समन्वय कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की श्री विजय कुमार ने सुरक्षा बलों से दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने को कहा बैठक में पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ आईटीबीपी के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे बजट तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट के सिलसिले में विभागीय चर्चा की शुरूआत कर दी है आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा आदिम जाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण तथा सहकारिता विभाग के बजट प्रस्तावों की जानकारी ली इस दौरान उन्होंने विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ इन विभागों के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया

इसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे इस बैठक की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने आज मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली इस बैठक की तैयारियों के लिए अपर मुख्य सचिव सुव्रत साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है गणतंत्र दिवस तैयारी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अपने अंतिम चरण की ओर है इस बीच राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी है इसके अनुसार रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री डीजी भेंट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल एपी महेश्वरी ने आज सौजन्य मुलाकात की रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में हुई इस भेंट के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी उपस्थित थे सीएए रैली प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में कल बाईस जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई द्वारा रैली और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वहीं आज राजधानी के बूढ़ातालाब स्थित धरनास्थल में बुद्धिजीवी वर्ग ने आमसभा आयोजित कर नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के बैनर तले आयोजित इस समर्थन कार्यक्रम में डॉक्टर इंजीनियर अध्यापक वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी मौजूद थे सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस कानून के मामलें में लोगों को गुमराह कर बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ें और उसके बाद ही अपनी राय कायम करें

इसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है यह माओवादी पेद्दागेलूर के पास सुरक्षा बलों की टीम को देखकर भागने को कोशिश कर रहा था तभी इसे गिरफ्तार किया गया वहीं कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र में भी कोटमेटा के जंगल से सुरक्षा बलों ने एक लाख रूपये के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है टोल नाका फ्री राजनांदगांव जिले में ठाक्रटोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल नाके में सीजी आठ पासिंग वाले स्थानीय वाहनों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा आज राजनांदगांव में जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों और टोल कंपनी के संचालकों के बीच हुई बैठक में सीजी आठ पासिंग वाली गाड़ियों से टैक्स नहीं लेने पर सहमति बनी

मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर के आयाम विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा इस कार्यक्रम के संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर अपने सुझाव दे सकते हैं इच्छुक लोग सत्ताईस से उनतीस जनवरी तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि शहर की स्वच्छता रैंकिंग बढ़ाने और नागरिकों की शिकायत सुनने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा उन्होंने सफाईकर्मियों का वेतन बढ़ाने की भी घोषणा की है वहीं जगदलपुर नगर पालिका निगम की महापौर सफीरा साहू ने आज दस सदस्यीय मेयर इन काउंसिल का गठन कियज्ञं साथ ही धमतरी नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर सभापति और पार्षदों की भी आज पहली बैठक हुई धान खरीदी प्रदेश के किसानों से अब तक समर्थन मूल्य पर उनचास लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है इनमें से तेईस लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की कस्टम मिलिंग भी हो गई है जबकि पंजीकृत मिलरों को छब्बीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव का डीओ जारी कर दिया गया है

पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ सहित नौ राज्यों में एटीएम में पैसा निकालने में लोगों की मदद के बहाने ठगी करता था साइबर क्राईम की टीम गठित कर इस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है विस्फोटक बरामद रायगढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद करने में सफलता हासिल की है एक वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने सात सौ डेटोनेटर सात बोरी अमोनियम नाइट्रेट और एक बंडल सेफ्टी वायर जब्त किया है यह विस्फोटक ओडिशा की सीमा से लगे हुए कंचनपुर गांव में एक वाहन से बरामद किया गया इस मामले में वाहन चालक सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है दुर्ग हत्या दुर्ग में आज सुबह तीन लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है इस घटना में मां और मासूम बच्ची की शिनाख्त कर ली गई है जबकि एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हो पाई है तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी स्थित एक घर में अज्ञात पुरुष का शव जली हुई अवस्था में पाया गया है जबकि एक महिला और उसकी दो माह की मासूम बच्ची की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि मृतका के पति की तलाश जारी है बीएसपी चोरी खुलासा भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर से करीब पैंसठ लाख रूपये कीमत की कॉपर केबल चोरी के मामले का खुलासा हो गया है इस मामले में कॉपर केबल की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएस एफ के एक हवलदार और बीएसपी के पेटी ठेकेदार सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है दुर्घटना राजनांदगांव जिले के बालोद संजारी में साल्हे पुल के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से करीब साठ लोग घायल हो गए हैं इनमें से नौ की हालत गंभीर बताई जाती है वहीं खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का वाहन बीती रात राजनांदगांव जिले के खपरी गांव के पास एक सड़क हादसे में मामूली रूप से घायल हो गए हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहेगा बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने सरकंडा थाने की महिला एसआई को एक मामले में तीन लाख रूपये की रकम मांगने के आरोप में लाइन अटैच किया है राजनांदगांव जिले के देवरी पूर्व माध्यमिक स्कूल में आज अचानक चौदह बच्चे एक के बाद एक बेहोश हो गए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र स्थित रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध रूप से ले जाया जा रहा एक क्विंटल दस किलो गांजा बरामद किया गया है इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है बिलासपुर के यातायात विभाग द्वारा आयोजित अंतर स्कूल नृत्य प्रतियोगिता में रेलवे के स्कूल को सामूहिक नृत्य में पहला स्थान मिला है यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी